मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा वीर सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्द

कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि योजना में हुए फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच की रखी मांग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

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार वीर सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये गौरव और अपने महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने का दिन है

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के बहादुर सैनिकों ने भी इस युद्ध में वीरता का इतिहास रचा इस बीच अनाडेल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में सीधा प्रसारण किया गया बिलासपुर जिले के घुमारवीं में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम का ही परिणाम था कि पाकिस्तान को दो ट्रकड़ों में विभाजित कर दिया गया था

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजैक्ट देश का चौथा और प्रदेश का पहला संस्थान होगा उन्होंने कहा कि इसमें कौशल विकास व सुचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा

ये बात आज उन्होंने रक्षा संपदा दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थित छावनी क्षेत्र कसौली सुबाथू डगशाई खास योल जतोग डलहौजी और बकलोह के शहरी क्षेत्रों को शहरी प्रबंधन व स्थानीय स्वशासन के आदर्श रूप में विकसित किया गया है इधर मुख्यमंत्री ने शिमला से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक थुनाग की शाखा का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ भी किया सरवीण चौधरी केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्षता केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने की उन्होंने कोविड महामारी के दौरान विभाग द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और राज्यों को कृपोषित बच्चों के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शिमला से इस वैबिनार में भाग लिया उन्होंने राज्य सरकार के एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान सहित अन्य अभियानों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका से केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया वीरेन्द्र कंवर प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य में जल्द ही डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर नीति को लागू किया जाएगा ये बात कृषि व पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना और डी ड्य्लीकेशन व धोखाधड़ी से बचाना है उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल सकेगा राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज सिरमौर जिले में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें कम्बल वितरित किए बाद में उन्होंने डेडीकेटिड कोविड केयर सैंटर के स्टाफ से कोविड सक्रमितों का हाल जाना और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की उचित देखभाल करने और समय पर गर्म पानी व भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए रक्तदान शिविर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिज मैदान पर हिन्दू जागरण मंच द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया उन्होंने मंच के प्रयासों की सराहना करते हुए समाजसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी संगठनों व संस्थाओं से आग्रह किया कि इस तरह के रक्तदान शिविरों का समय समय पर आयोजन करते रहें ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके

उन्होंने कहा कि करोड़ों रूपए के इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि कर्ज लेने की यही गति रही तो प्रदेश पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य में विकास के नाम पर कोई भी नया पत्थर नहीं लगा है और सरकार कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं के ही उदघाटन कर रही है हैलीपैड ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पूबोवाल में एक करोड़ रूपए की लागत से जिले का पहला हैलीपैड बनाया जाएगा

किसान संघ भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया है शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है और इन में जो खामी है उसे दूर किया जाना चाहिए सोमदेव ने कहा कि सरकार को बिल में खरीद करने वाली कंपनी के पोर्टल के पंजीकरण का प्रावधान करना चाहिए और कंपनी की बैंक गारंटी व्यपारियों की होनी चाहिए ताकि किसान ठगी का शिकार न हो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा वीर सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

और कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि योजना में हुए फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच की रखी मांग इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ